न्यायालय ने दिवाली के मौके इन पटाखों की चलाने की समय सीमा रात आठ बजे से दस बजे तक निर्धारित की है

सर्वोच्च न्यायालय ने आज कम क्षमता वाले हरित पटाखों के निर्माण और बिक्री की अन्मति दे दी है न्यायालय ने दीपावली और अन्य त्यौहारों पर पटाखे चलाने के लिए रात आठ बजे से दस बजे तक का समय निश्चित किया है न्यायालय ने ई कार्मस वेबसाइट फिल्पकार्ट और ऐमजोन द्वारा भी पटाखे बेचेने पर प्रतिबंदव लगाया है न्यायालय ने कहा हे कि अगर वेबसाइटस पटाखे बेचती है और न्यायालय के निर्देश नहीं मानती तो उनहें न्यायालय की अवमानना स्वीकार करनी पड़ेगी सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिये है कि कम क्षमता वाले पटाखे ही बाज़ार में बेचने के लिए अन्मति दी गई है केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने हरित दीवाली स्वस्थ दीवाली नामक अभियान आरंभ किया है इस अभियान का आरंभ पिछले वर्ष हआ था जिसमें अनेक स्कूली बच्चों ने कम से कम पटाखें फोड़ने की शपथ ली थी हरित दीवाली स्वस्थ दीवाली अभियान को अब हरित उत्तम कार्य के साथ विलय कर दिया गया है पर्यावरण स्रक्षित रखने के उद्देश्य से मंत्रालय अब सभी स्कूलों और कालेजों को प्रोत्साहित कर रहा है कि वोह इस अभियान के साथ ज्ड़े प्रे देश में विशेषकर उत्तरी भागों में सर्दियों के मौसम में हवा का प्रद्रषित होना एक नाज्क स्वास्थ्य मुद्दा बन गया है हरियाणा सरकार ने राज्य परिवहन विभाग के परिवीक्षाधीन चालकों से त्रंत काम पर लौटने की अपील की है

प्रवक्ता ने बताया कि पब्लिक नोटिस् के द्वारा उन्हें सूचित किया जाता है कि परिवीक्षा अवधि में कार्य संतोषजनक न होने की अवस्था में परिवीक्षाधीन कर्मचारी को बिना किसी कारण बताओं नोटिस ही सेवा से हटाया जा सकता है

फिलहाल सरकार द्वारा ड्राईवर और कंडकटर की भर्ती की जा रही है और जल्द ही सभी बसों को चलाने की कोशिश की जायेगी रोडवेज यूनियन को अपनी समस्या उठानी चाहिए न कि सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े करने चाहिए म्ख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में नीति बनाना सरकार का काम है क्योंकि लोकतंत्र में सरकार ही जनता के प्रति जिम्मेवार होती है यमुनानगर में भी हड़ताल से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कल के मुकाबले आज कम बसे चलाने से लोगों को दिक्कत ह्ई

बिजली निगम के कर्मचारी भी हड़ताल पर रहे इससे कई इलाकों की बिजली आप्र्ति घंटों प्रभावित रही हरियाणा के अन्य जिलों से भी हड़ताल जारी रहने के समाचार प्राप्त ह्ए है हरियाणा के मुख्य सचिव डी एस ढेसी ने प्रदेश के सभी जिलों के अतिरिक्त उपायुक्तों को समग्र शिक्षा की गतिविधियों की प्रतिमाह समीक्षा करने के निर्देश दिय है इसके अलावा उन्होंने विद्यालयों में दी जा रही समावेशी शिक्षा की ओर भी ध्यान देने के निर्देश दिए स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद एवं समय शिक्षा की कार्यकारी कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करते हए ढेसी ने बताया कि प्राईमारी एवं सकेंडरी स्कूलों में विद्याथियों का विज्ञान के प्रति रूझान बढ़ाने के लिए प्रदेश के एक हजार पचास स्कूलों में हरियाणा स्कूल साइंस प्रमोशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री कविता जैन राज्यमंत्री कृष्ण बेदी सांसद रतन लाल कटारिया पंचकृला से विधायक ज्ञान चंद ग्प्ता कालका की विधायक लतिका शर्मा सहित कई निगमों के अध्यक्ष व अधिकारी शामिल हए

इस अवसर पर म्ख्यमंत्री ने शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा एम डी सी सैक्टर छ पंचकूला में पांच करोड़ चालीस लाख रूपये से बने आध्निक स्विधाओं से लैस साम्दायिक केन्द्र का भी उदघाटन भी किया

कल रात ब्डापेस्ट में खेले गए फाईनल मुकाबले में जापान के टाईक्टो ओटोग्रो ने प्रनिया को हरा कर स्वर्ण पदक प्राप्त किया

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष एवं टोहाना के विधायक सुभाष बराला ने भगवान वाल्मीकि के प्रकट दिवस एवं शोभा यात्रा कार्यक्रम के अवसरपर फतेहाबाद के टोहाना इलाके में जनसमूह को सम्बोधित करते हए कहा कि भगवान वाल्मीकि की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रांसगिक है जितनी हज़ारां वर्ष पूर्व थी

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भिवानी जिले के विभिन्न स्क्लों का दौरा कर छात्रों से बात की तथा स्कूल भवनों का निरीक्षण कर शिक्षा के स्तर की जांच की इस मौके उनके साथ दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया भी थे उन्होंने बताया कि उनके दौरे का उद्देश्य हरियाणा शिक्षा स्वास्थ्य व अन्य मूलभूत स्विधाओं की जांच करना है ताकि हंरियाणा मे वे च्नाव लड़ने से पहले अपनी रणनीति के लिए मूलभूत बातों की जानकारी ले सकें भिवानी पहंचे भाजपा सांसद वरूण गांधी ने शिक्षा व अन्य मुद्दों को लेकर देश के सिस्टम पर सवाल भी उठाए और समाधान भी स्झए वरूण ने कहा कि देश में पारदर्शिता से ही भ्रष्टाचार पर लगाम लग सकती है स्ल्तानप्र से भाजपा सांसद वरूण गांधी आदर्श महिला कॉलेज में आयोजित एक कार्यक्रम छात्राओं के सवालों के जवाब भी दिये